बस्तर क्षेत्र को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए आज से शुरू हुआ सुपोषण अभियान

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षो से प्रदेश के सभी स्कूलों में पंद्रह जून से नया सत्र शुरू होता रहा है लेकिन इस बार गर्मी का मौसम कुछ ज्यादा लम्बा होने के कारण राज्य सरकार ने बच्चों के लिए चौबीस जून से स्कूल खोलने का निर्णय लिया था आज पहले दिन स्कूलों में नवप्रवेशी बच्चों को गणवेश और पुस्तक कॉपियां वितरित की गईं साथ ही तिलक लगाकर बच्चों का अभिनंदन किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने नया शिक्षा सत्र शुरू होने पर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं दी हैं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में आज से बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं आज पहले दिन सभी स्कूलों में नवप्रवेशी बच्चों के साथ ही उनके अभिभावकों का स्वागत किया गया जिले के कलेक्टर डॉक्टर भारतीदासन ने आरंग विकासखंड के बनचरौदा और बेनीडीह गांवों में पहंचकर वहां के स्कूलों में मौजूद व्यवस्था का जायजा लिया इस मौके पर उन्होंने बच्चों और अभिभावकों से बातचीत भी की विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने भी खबर दी है कि वहां नया शिक्षा सत्र होने पर बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है

हमारे संवाददाता के अनुसार जिले में पाटन तहसील के मर्रा गांव में आगामी छब्बीस जून को शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन औपचारिक रूप से किया जाएगा

नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही प्रदेश को उद्योग मंत्री कवासी लखमा की उपस्थिति में जगरगुंडा इलाके में आज से पांच स्कूलों और छात्रावासों का संचालन शुरू किया गया हाईकोर्ट सुनवाई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने चिटफंट कंपनी के मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को स्थगन देने से इंकार कर दिया है

केस डायरी आने के बाद मामले की सुनवाई की जाएगी बस्तर सुपोषण अभियान बस्तर क्षेत्र को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए सुपोषण अभियान आज से शुरू हो गया है इस अभियान की पायलट परियोजना के अंतर्गत चार पंचायतों का चयन किया गया है इनमें गंजेनार श्यामगिरी तुमकपाल और मुचनार शामिल हैं इस अभियान के तहत शिशुओं शिशुवती माताओं और शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को हर दिन गरम पौष्टिक भोजन दिया जाएगा अभियान के पहले दिन दंतेवाड़ा जिले के गंजेनार ग्राम पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष कमला विनय नाग ने शिशुओं शिशुवती माताओं और शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को गरम पौष्टिक भोजन परोसकर इस अभियान की शुरुआत की बताया गया है कि जिले के तीन अन्य ग्राम पंचायतों में भी इस सप्ताह के अंत तक पोषण आहार का वितरण शुरू कर दिया जाएगा वहीं आगामी महीने में जिले के सभी ग्राम पंचायतों में महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से इस अभियान का विस्तार किया जाएगा इस अभियान के अंतर्गत एक से तीन वर्ष आय वर्ग के बच्चों के अलावा अन्य लाभार्थियों को गरम पौष्टिक भोजन के साथ ही मूंगफली गुड़ और फूटे चने के लड्ड भी वितरित किए जाएंगे

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पेश किये ये तीनों संशोधन विधेयक बीते मार्च में लाए अध्यादेश का स्थान लेंगे इन विधेयकों में नियमों के उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रस्ताव किया गया है भारतीय टेलीग्राफ कानून अट्ठारह सौ पचयासी और धनशोधन अधिनियम दो हजार दो में भी संशोधन की व्यवस्था है आधार संशोधन विधेयक में यह प्रस्ताव भी किया गया है कि देश का कोई भी बच्चा अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बायोमैट्रिक पहचान प्रणाली से बाहर रहने का विकल्प चुन सकेगा श्री प्रसाद ने कहा कि आधार राष्ट्रीय हित में है और यह किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करता जवान घायल आईईडी बरामद दंतेवाड़ा जिले में आज माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का एक जवान घायल हो गया पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि हिरोली को दोकापारा के तेरह नंबर खदान में फर्जी ग्राम सभा की जांच के लिए अधिकारियों की टीम पहुंची हुई थी

इसी दौरान प्रेशर बम की चपेट में आने से एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है वहीं बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने विस्फोटक बरामद किया है इस बम को माओवादियों ने मद्देड़ थाना क्षेत्र के भोपालपट्नम मार्ग पर लगाया था बाद में बम निरोधक दस्ते ने इस आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल शाम इस ओव्हरब्रिज का लोकार्पण किया इसके शुरू होने से शंकर नगर कचना अनुपम नगर श्रीराम नगर और खम्हारडीह सहित आसपास के करीब दो लाख लोगों को यातायात की सुविधा मिल सकेगी करीब सात सौ मीटर लम्बे इस पुल के निर्माण में लगभग अड़सठ करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री ने ओव्हरब्रिज के नीचे पानी निकासी के लिए पक्की नाली और नाला बनाने की घोषणा भी की आरंग पुरातत्व रायपुर जिले के आरंग में पुरातत्त विभाग द्वारा की जा रही खुदाई में करीब अट्ठारह सौ साल पुराने सोने चांदी के सिक्के मिले हैं पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि आरंग के रीवा गांव में मिले ये सिक्के चौदह सौ से अट्ठारह वर्ष पुराने समय के हो सकते हैं यहां की जा रही खुदाई में चालीस से अधिक टीले मिले हैं ये टीले बौद्ध स्तूप की तरह दिखाई देते हैं पुरातत्व विशेषज्ञों द्वारा इन टीलों का अध्ययन भी किया जा रहा है संक्षिप्त समाचार कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपने निर्धारित कार्यकाल से छह महीने पहले इस्तीफा दे दिया है रिजर्व बैंक के वक्तव्य के अनुसार डॉक्टर आचार्य ने बैंक को भेजे गए अपने पत्र में लिखा है कि वे व्यक्तिगत कारणों से अपना कार्यकाल पूरा करने में असमर्थ हैं वीरांगना दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आज रायपुर सहित प्रदेशभर में उन्हें श्रद्वांसुमन अर्पित किए गए राजधानी रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख ने अलग अलग थानों में पदस्थ एक सहायक उप निरीक्षक सहित साठ प्रधान आरक्षकों के तबादला आदेश जारी किए हैं